गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कल शाम नई दिल्ली के स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री श्री वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर आज जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेंट एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से संयुक्त श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई

उद्घाटन समारोह जकार्ता के गैलोरा बंग कार्नो जीबीके स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े पांच बजे से शुरू होगा

भाला फेंक खिलाडी नीरज चौपडा भारत के ध्वजवाहक होंगे जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दी गई सरकारी सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं के कारण अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से स्थगित कर दी गई और कल सवेरे यात्रियों के नए जत्थे को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई हालांकि पहलगाम और बालतल से वापसी यात्रा को अनुमति दी गई है ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन आज से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में शुरू हो रहा है सम्मेलन का उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ करेंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित भारत के कई अन्य मंत्री भी तीन दिन के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं सम्मेलन का विषय है हिन्दी विश्व और भारतीय संस्कृति सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन रोकने के लिये कार्रवाई लगातार जारी है कल सूरवाल थाना पुलिस ने बनास नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से बजरी से भरे तीन ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त किये जैसलमेर जिले के बरमसर गांव के पास पानी में बह जाने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और चार अन्य लोगों को बचा लिया गया ये सभी पास के गांव में एक शोक सभा में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे उधर चूरू जिले के ददरेवा गांव में एक तालाब में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई उत्तरप्रदेश का रहने वाला यह युवक अपने परिजनों के साथ लोकदेवता गोगाजी के दर्शनों के लिये आया था डूंगरपुर जिले के ओबरी कस्बे में कल एक युवक की बिजली के करंट लग जाने से मृत्यु हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गया सीकर जिले में सिगोदडा बस स्टेण्ड के पास कल देर रात जीप और कैम्पर की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर चूरू जिले के धनोठि गांव में ट्रेक्टर ट्रॉली के पलट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया निर्वाचन विभाग की ओर से वीवीपीएटी मशीन से मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रतापगढ जिले के मचलाना हतुनिया कुणी सेलारपुरा और राजपुरिया में प्रशिक्षण दिया गया इसके जरिये मतदाताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया को समझा प्रदेश के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के प्रधान डाकघर में भी अब उपभोक्ताओं को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी

पहले चरण में दोनों जिलों में कुल पांच शाखाएं शुरू होंगी इसके लिए दोनों जिलों के प्रधान डाकघरों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है

इस कटाव को भरने में अभी दो तीन दिन का समय लग सकता है कटाव के कारण हरिके बेराज से पानी कम करवाने का असर कल से ही इलाके की नहरों में नजर आया

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से नाटिंघम में शुरू हो रहा है मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे शुरू होगा श्रृंखला में इग्लैण्ड दो शून्य से आगे है राज्य में कई स्थानों पर कल भी बारिश हुई डूंगरपुर उदयपुर और बांसवाड़ा में अच्छी वर्षा हुई झालावाड बाड़मेर पाली जैसलमेर और जालौर से भी वर्षा के समाचार मिले हैं